लोकसभा में कल पेश होगा केंद्रीय बजट प्रदेशवासियों को बजट से काफी आशाएं प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने आरट्रैक को शिमला से मेरठ स्थानांतरित न करने का रक्षा मंत्री से किया आग्रह राज्य के अनेक भागों में हुई मॉनसून की जोरदार वर्षा अगले तीन चार दिन जारी रह और सकता है वर्षा का क्रम पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक पदमश्री सुभाष पालेकर ने प्राकृतिक खेती को समय की जरूरत बताया है शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती ही एक मात्र विकल्प है और इस पद्धति से किसानों की आय दोगुनी हो सकती है पालेकर ने कहा कि रासायनिक खादों से भूमि की उर्वरकता खत्म हो गई है जिससे उत्पादन कम हो रहा है उन्होंने कहा कि विदेशी पूंजीवादी कंपनियों ने हरित क्रांति के नाम पर भारत को लूटा और रासायनिक खादों के इस्तेमाल से ग्लोबल वार्मिंग तेजी से हो रहा है

उन्होंने किसानों से प्राकृतिक कृषि को अपनाने का आहवान किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को प्राकृतिक कृषि राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है और जैविक कीटनाशकों को अपनाया जा रहा है

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अनाधिकृत कीटनाशक बेचने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी बजट लोकसभा में कल पेश होने वाले केंद्रीय बजट से हिमाचल वासियों को खासी उम्मीदें हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सदन में पेश करेंगी सोलन में वरिष्ठ नागरिकों ने हमारे प्रतिनिधि से बातचीत में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार कर मुक्त पैंशन का प्रावधान करेगी

आर्थिक समीक्षा के मुताबिक देश में आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी रोगी कल्याण प्रदेश दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिमला की रोगी कल्याण समिति को इस वित्त वर्ष के लिए चार करोड़ पांच लाख रूपए का बजट पारित किया गया है समिति की आज शिमला में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज व स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार की अध्यक्षता में हई बैठक में ये बजट पारित किया गया स्वास्थ्य मंत्री ने दंत महाविद्यालय प्रशासन की लंबे समय से स्टाफ बस की मांग को मंजूरी प्रदान की सुरेश भारद्वाज ने कहा कि दंत महाविद्यालय के लिए पहली बार मशीनरी व अन्य उपकरण खरीदने के लिए बजट में एक करोड़ रूपए की राशि मंजूर की गई है

इसके लिए उन्हें अब पंजीकरण करवाने के लिए लाईन में खड़े होने की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में एक महीने के भीतर किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा दी जाएगी महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने आज मण्डी जिले में धर्मपुर क्षेत्र के कांगो का गेहरा और टिहरा में करीब साढ़े नौ करोड़ रूपए की दो पेयजल योजनाएं लोगों को समर्पित की

महेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के लोगों को पर्याप्त मात्रा में साफ पेयजल मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है और पानी का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है

जनमंच कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक नरेन्द्र बरागटा ने आज केलंग में एक समीक्षा बैठक में बताया कि लोगों की समस्याएं घरद्वार पर निपटाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है उन्होंने कहा कि लाहौल स्पिति जिले में संचार सेवाओं को दुरूस्त करने का मामला मुख्यमंत्री के माध्यम से केंद्र सरकार से उठाया जाएगा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान को मेरठ स्थानातंरित न करने का रक्षा मंत्री से आग्रह किया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर की अध्यक्षता में पार्टी नेताओं ने आज शिमला में राज्यपाल आचार्य देवव्रत के माध्यम से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा कुलदीप राठौर ने कहा कि भारतीय सेना ने आरट्रैक को शिमला से मेरठ स्थानातंरित करने की योजना बनाई है जो प्रदेशहित में नहीं है

इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में सेब में बढ़ रहे स्कैब रोग से भी अवगत करवाया और इसकी रोकथाम के लिए सरकार को उचित निर्देश देने का आग्रह किया राज्यपाल ने कांग्रेस नेताओं को उनकी मांगे पूरी करने का भरोसा दिलाया

राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जबकि प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकर सदस्यता अभियान की शुरूआत करेंगे सदस्यता अभियान के प्रभारी रामसिंह ने बताया कि इस दौरान अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा विक्रमादित्य सिंह प्रदेश कांग्रेस ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बंद करने के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है प्रदेश पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि इस निर्णय से कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा उन्होंने कहा कि सरकार ने इस निर्णय से पहले कर्मचारी संगठनों से राय नहीं ली और ये फैसला तर्क संगत नहीं है कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को उठाएगी

लोगों का कहना था कि बंजार हादसे के बाद बसों में ओवरलोडिंग रोकने की कवायद तेज हो गई है और स्कूली बच्चों को बसों की कमी के चलते मुश्किलें आ रही हैं माकपा के जिला अध्यक्ष होतम सोंखला ने लोगों की सुविधा के लिए सरकार से मुद्रिका बसों की संख्या बढ़ाने की मांग की है

कई स्थानों पर भारी वर्षा से संपर्क मार्गो पर यातायात अवरूद्ध हुआ है सिरमौर जिले में नाहन पावंटा राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बोहलियों के समीप खड्ड में अधिक पानी आने से सुबह करीब दो घंटे यातायात अवरूद्व रहा इस वर्षा से प्रदेश के तापमान में काफी गिरावट आई है मौसम विभाग ने अगले तीन चार दिन राज्य में वर्षा का कम जारी रहने की संभावना जताई है

अतिक्रमण उच्च न्यायालय के आदेश पर नाहन शहर में कड़ी सुरक्षा के बीच अवैध निर्माण को हटाने का अभियान आज से शुरू हो गया है नगर परिषद ने जेसीबी व मजदूरों की मदद से अवैध कब्जों को हटाया अवैध कब्जे हटाने के समय किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने पहले ही लोगों के हथियार पुलिस थाने में जमा करवा दिए हैं